मीडिया द्वारा पीड़िताओं की फोटो और वीडियो दिखाने पर लगायी रोक

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केन्द्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है साथ ही न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने मीडिया द्वारा नाबालिग लड़कियों की तस्वीर और वीडियो दिखाये जाने पर भी कड़ी नाराजगी जतायी है न्यायालय ने कहा कि पहचान छिपाने के नाम पर संपादित तस्वीर या वीडियो दिखाया जाना पूरी तरह गलत है खंडपीठ ने मीडिया द्वारा पीड़िताओं की किसी भी प्रकार की तस्वीर या वीडियो दिखाने पर रोक लगा दी है साथ ही न्यायालय ने मीडिया को पीड़िताओं का साक्षात्कार नहीं दिखाने का निर्देश दिया क्योंकि ऐसा करने से उन्हें मानसिक आघात पहुंचता है इस मामले में सहयोग के लिये वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट को न्याय मित्र नियुक्त किया गया है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है इस मामले में समाज कल्याण विभाग ने ब्रजेश ठाकुर की बालिका गृह संचालित करने वाली संस्था सहित अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से संबंधित दस्तावेज जांच एजेंसी को सौंप दिये हैं हमारे संवाददाता केके कौशिक ने बताया कि सीबीआई इस कांड में संदिग्ध अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने ब्रजेश ठाकुर की तीस विभिन्न संस्थाओं को काली सूची में डालते हुए राशि भुगतान पर रोक लगा दी है बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी ने भी ब्रजेश ठाकुर की संस्थाओं को राशि देने पर रोक लगाने का फैसला किया है सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ब्रजेश ठाकुर की प्रेस मान्यता को भी रद्द कर दिया है इधर ब्रजेश ठाकुर की जमानत याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई न्यायमूर्ति अरूण कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के केस डायरी की मांग की है मुजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड के विरोध में वाम दलों द्वारा ब्रलाये गये बिहार बंद के दौरान बंद समर्थकों और पुलिस कर्मियों के बीच कई स्थानों पर झड़प हुई बंद समर्थकों ने मुजफ्फरपुर पटना दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी कटिहार शेखपुरा जहानाबाद अरवल आरा और नवादा सहित कई अन्य स्थानों पर सड़क और रेल यातायात बाधित किया बंद समर्थक यौन शोषण कांड की सीबीआई जांच समय सीमा के भीतर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग कर रहे थे साथ ही प्रदर्शनकारी इस मामले में आश्रय गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर से संबंध रखने वाले नेताओं की गिरफ्तारी और समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे कांग्रेस राजद हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और समाजवादी पार्टी ने भी बंद का समर्थन किया था केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिये कोन्द्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर संशोधन विधेयक को संसद के चालू सत्र में ही पारित कराया जायेगा श्री सिंह ने लोकसभा में शून्य काल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी साउंड बाईट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणामस्वरूप जो इस एक्ट में ऐसा महसूस किया जा रहा था कि कुछ डाइल्यूशन हुआ है तो उसके तत्काल बाद ही हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि हम इसी प्रकार का बिल लाएंगे जरूरत हुई तो इससे भी हम कड़ा बिल लाएंगे और उसी वायदे के अनुरूप ही कल ही कैबिनेट ने एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ अटोप्सी बिल को अपना अप्रूवल दे दिया है और हम इसी सत्र में ही उस बिल को पारित कराना चाहेंगे लोकसभा ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले एक सौ तेईसवें संविधान संशोधन विधेयक को विचार और पारित करने के लिए स्वीकार कर लिया है इससे पहले लोकसभा ने पिछले साल अप्रैल में विधेयक को पारित कर दिया था लेकिन पिछले वर्ष अगस्त में राज्यसभा ने इसमें कुछ संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटा दिया था नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिये समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी अब अगले मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी आज की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वर्ष दो हजार दो में शिक्षकों का पंद्रह सौ रूपये मासिक पर नियोजन किया गया था तब से अब तक इनके वेतन में पंद्रह गुणा की वृद्धि राज्य सरकार कर चुकी है फिर से वेतन बढ़ाये जाने पर सरकार पर बोझ बढ़ेगा वहीं न्यायालय ने सरकार से पूछा कि वर्तमान प्रणाली को सुधारने और नियोजन को खत्म कर स्थायी शिक्षक का दर्जा देने में सरकार को कितने दिनों का समय लगेगा न्यायमूर्ति उदय यू ललित और एएम सप्रे की खंडपीठ ने यह भी कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं इसलिए उन्हें सबसे अधिक वेतन मिलना चाहिए निगरानी जांच ब्यूरो ने कैमूर जिले के रामपूर की प्रखंड विकास पदाधिकारी वर्षा तरवे को एक लाख पंद्रह हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार बीडीओ पुरारी पंचायत के मुखिया से हर घर नल का जल योजना का विपत्र पास करने के एवज में रिश्वत ले रही थी भोजपूर जिले के आरा स्थित पर्यवेक्षण गृह में रह रहे तीन बाल कैदियों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी संजीव कुमार और प्रलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने आज स्थल निरीक्षण किया इस दौरान दोनों ने बाल कैदियों से अलग अलग प्रछताछ की जिलाधिकारी ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाये जायेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका जतायी गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान किशनगंज में सबसे अधिक पांच सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी वहीं पूर्वी चंपारण के महेषी और पश्चिम चंपारण के रामनगर में पांच पांच सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार पुनपुन घाघरा बागमती कोसी गंडक और महानंदा नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है कोसी नदी का जलस्तर बसुआ और बलतारा में लाल निशान को पार कर गया है वहीं पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के प्रनहिया प्रखंड के दोस्तीया दक्षिणी गांव के पास बागमती नदी का कटाव तेज हो गया है जल संसाधन विभाग के अधिकारी कटाव को रोकने के लिये कैंप कर रहे हैं प्रदेश में पिछले चार पांच दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण धान रोपनी में तेजी आयी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अब तक बीस लाख तीन हजार आठ सौ संतावन हेक्टेयर में धान रोपनी हो चुकी है जो निर्धारित लक्ष्य का साठ प्रतिशत है वहीं तीन लाख बासठ हजार हेक्टेयर भूमि में मक्के की बुआई हुई है जो निर्धारित लक्ष्य का छिहत्तर प्रतिशत है श्री कुमार ने कहा कि किसानों को अनुदानित दर पर डीजल और बिजली उपलब्ध करायी जा रही है रेलवे के ग्रूप सी में सहायक लोको पायलट और तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिये रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर साठ हजार की जा सकती है रेलवे बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि वेबसाइट पर इस संबंध में जल्द ही सूचना दी जायेगी रेलवे ने ग्रप सी के छब्बीस हजार पांच सौ दो पदों के लिये विज्ञापन निकाला था जिसकी परीक्षा नौ अगस्त से शुरू हो रही है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले चौबीस घंटे के दौरान विभिन्न हादसों में ग्यारह लोगों की मौत हो गयी समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास एक कार और पिकअप वैन के बीच हुई टक्कर में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि सासाराम स्टेशन के पास अलग अलग हादसों में दो महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गयी नवादा जिले के अकबरप्र थाना के फुलमा गांव के पास एक यात्री बस और ट्रक के बीच हुयी टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी और छह अन्य घायल हो गये नालंदा जिले में दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पावा गांव में स्नान के दौरान तालाब में डूबने से एक किशोर की मौत हो गयी जबकि गंभीर अवस्था में एक अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं गया जिले के बाराचट्टी स्थित ब्लॉक मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से एसएसबी के एक जवान की मौत हो गयी मुजफ्फरपुर स्थित शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा में चलाये गये तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने दो कैदियों के पास से बावन पुड़िया नशीला पदार्थ स्मैक बरामद किया है

मीडिया द्वारा पीड़िताओं की फोटो और वीडियो दिखाने पर लगायी रोक